ये फैसला कल शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया

वहीं सोमवार से प्रदेश में टैक्सी ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगे मंत्रिमंडल ने सैलून बार्वर और फेरी वालों को भी कामधंधे की इजाजत दे दी है प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाईन शिक्षा प्रदान कर रहे निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति होगी अहमदाबाद में लॉकडाउन के बीच फंसे हिमाचलवासियों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज ऊना पहुंचेगी

कोरोना माहमारी की रोकथाम से संबंधित गाईडलाइन्ज की अनुपालना कर औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सभी लोगों को संबंधित जिलों के लिए रवाना किया जायेगा प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ौतरी जारी है राज्य में आज कोरोना के दो नये मामले सामने आये हैं पहला मामला कांगड़ा जिला के पंचरूखी का है ये युवक दिल्ली से लौटा था और बैजनाथ में संस्थागत क्वारंटीन में था दूसरा मामला हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के बड़ग्राम का है

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील आगामी आदेशों तक समाप्त कर दी गई है शिमला जिला में सोमवार से बार्बर व सैलून खुल जायेंगें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रभा राजीव ने बताया कि बिना प्रशिक्षण के कोई भी सैलून नहीं खुलेगा

उन्होंने बताया कि एक समय में एक ही व्यक्ति पूर्व में समय लेकर दुकान में बाल कटवा सकेगा इस दौरान नाई द्वारा मास्क व डिस्पोजेबल एप्रैन उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा जबकि ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नही किया जायेगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है एक जून से चलेंगी सभी बसें टयूशन फीस ही लेंगे निजी स्कूल पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में एक जून से चलेंगी बसें किराया वृद्धि नहीं

दैनिक भास्कर लिखता है जयराम सरकार ने पेरेंटस की दी राहत पिछले साल की दरों पर देनी होगी स्कूल फीस स्टॉफ व शिक्षकों को सेलरी देने के भी आदेश आपका फैसला के अनुसार हिमाचल के सभी क्षेंत्रों में चलेंगी सरकारी प्राईवेट बसें निजी स्कूल सिर्फ टयूशन फीस ही वसूल सकेंगे कोरोना से जुड़ी खबरों को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है सेब व सब्जी सीजन के लिए सरकार करेगी समुचित प्रबंध

अखबार की एक अन्य खबर है उद्योगों में इंटर स्टेट मूवमेंट को मंजूरी ट्राईसिटी से आ सकेंगे उद्योग मालिक स्टॉफ